उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलामनबी आजाद और मंत्रियों व सांसदों ने संसद परिसर में शहीदों के चित्रों पर पूष्यांजलि अर्पित की संसद परिसर में शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाई में उन्हें मार गिराया था इस हमले में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी सीआरपीएफ की महिला सुरक्षा कर्मी और दो कर्मचारी शहीद हुये थे हमले में घायल एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी

यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है

लोकसभा और राज्यसभा ने हाल ही में इस कानून को अपनी मंजूरी दी थी

आज सुबह शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसद की कार्यवाही शुरू हुई

संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने दुष्कर्म की घटनाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों का मुद्दा उठाया उन्होंने टिप्पणियों को आपत्तिजनक बताते हुये राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की इस मुददें पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित सत्तारूढ़ के सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गये जबाव में विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा किया सीएम निर्देश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुये नुकसान का सर्वे जल्द शुरू करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है किसानों की हर संभव मद्द की जायेगी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा इस दौरान बिजली के बिलों से संबंधित मामले राजस्व कर संपत्तिकर सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी हमारे जबलपुर भोपाल इंदौर अनूपपुर धार रायसेन शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों के संवाददाताओं ने खबर दी है कि यहां लोक अदालतों के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं एकलव्य खेल भोपाल में खेली जा रही राष्ट्रीय एकलव्य खेलकूद प्रतियोगिता आज संपन्न हो रही है

मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश हुई भोपाल विदिशा रायसेन सतना छतरपुर और सागर जिलों में कल झमाझम बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई वहीं नरसिंहपुर जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि गाडरवारा तहसील के सोकलपुर पलोहा में गेहूं चना और अरहर की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है रायसेन जिले के उदयपुरा देवास के कन्नौज और होशंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भी ओले गिरने की खबर है शिवपुरी और उमरिया जिले में आज तड़के तेज बारिश हुई इधर भोपाल में बारिश के बाद सुबह घना कोहरा छाया रहा है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है

शिविर में बाल अधिकर व प्रताड़ना से संबंधित शिकायत की जा सकती है

पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुये इससे दूर रहने का आव्हन किया

इसके तहत स्कूलों में स्वाथ्य जागरूकता गतिविधियां संचालित की गई हैं